आदिवासी नृत्य महोत्सव राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव आज से राजधानी रायपुर में शुरू हो गया है इस तीन दिवसीय महोत्सव का शुभारंभ कांग्रेस नेता और सांसद राहुल गांधी ने किया इस अवसर पर उन्होंने कहा कि आदिवासियों और सभी वर्गो के लोगों को जोड़कर ही देश की तरक्की का मार्ग प्रशस्त होगा और यही हमारी सांस्कृतिक पहचान भी है उन्होंने कहा कि सांस्कृतिक पहचान की यही भावना इस आदिवासी महोत्सव में नजर आ रही है उन्होंने कहा कि यह महोत्सव विविधिता में एकता की भावना को दर्शाता है कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि हमारी आदिवासी संस्कृति को न सिर्फ बचाना बल्कि उसका संवर्धन करना हम सबकी जिम्मेदारी है यह महोत्सव इसी दिशा में एक पहल है मुख्यमंत्री ने कहा कि इस महोत्सव में एक ही स्थान पर विभिन्न देशों और भारत के अलग अलग राज्यों की संस्कृति के रंग देखने को मिलेंगे इस मौके पर मुख्यमंत्री ने यह संकल्प व्यक्त किया कि अगले चार साल में दंतेवाड़ा जिले में गरीबी रेखा से नीचे रहने वालों का प्रतिशत राष्ट्रीय औसत से भी कम कर दिया जाएगा इस अवसर पर देश विदेश से पहुंचे लोक नृत्य दलों ने आकर्षक शोभायात्रा निकाली उद्घाटन अवसर पर छत्तीसगढ़ सहित गुजरात ओडिशा और बेलारूस के कलाकारों ने अपनी प्रस्तुति भी दी इस मौके पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी अपने आप को रोक नहीं पाए और छत्तीसगढ़ के आदिवासी नृत्य दल के साथ उन्होंने भी नृत्य किया कार्यक्रम में भारत में यूनाइटेड मिशन की प्रमुख यूएन रेजिडेंट कोऑडिनेटर रेनाटा लोक डेसालियन पूर्व लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार और विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत सहित राज्य सरकार के अनेक मंत्री और वरिष्ठ नेता मौजूद थे

उन्होंने कहा कि अर्थव्यवस्था संबंधी आंकड़ों को हाल के वर्षों में हए नीतिगत बदलावों के परिप्रेक्ष्य में देखने की जरूरत है यह बात उपराष्ट्रपति ने आज रायपुर में इंडियन इकोनॉमिक एसोसिएशन के सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए कही अर्थव्यवस्था में आई अस्थायी सुस्ती के दौर को बाजार का स्वाभाविक चक्र बताते हुए श्री नायड् ने कहा कि निजी क्षेत्र के साथ ही अर्थशास्त्रियों को यह समझना होगा कि मुक्त बाजार व्यवस्था में संभावित मंदी एक स्वाभाविक प्रक्रिया है इस मौके पर उपराष्ट्रपति ने अर्थव्यवस्था में तेजी लाने के लिए सरकार द्वारा किए जा रहे उपायों का उल्लेख किया कार्यक्रम को राज्यपाल अनुसुईया उइके और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी संबोधित किया तीन दिवसीय इस सम्मेलन के दौरान देशभर से आए अर्थशास्त्री आर्थिक विकास आजीविका और पर्यावरण तथा वित्तीय संघवाद जैसे विषयों पर अपने शोध पत्र प्रस्तुत करने के साथ ही अर्थव्यवस्था से जुड़े तमाम विषयों पर गहन विचार विमर्श करेंगे इस सम्मेलन का आयोजन पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय के अर्थशास्त्र विभाग द्वारा किया जा रहा है

केंद्रीय सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विभाग के उप महानिदेशक डीपी श्रीवास्तव ने प्रदेश के उद्योग विभाग के प्रमुख सचिव मनोज क्मार पिंगुवा को पत्र के माध्यम से यह जानकारी दी

राज्य शासन के निर्देश पर विभिन्न जिलों में अधिकारियों द्वारा धान के अवैध परिवहन और बिचौलियों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है कबीरधाम में तीन अलग अलग राईस मिलों से करीब सत्रह सौ बोरा धान जब्त किया गया है जिले के अपर कलेक्टर जिला पंचायत के सीईओ और अनुविभागीय अधिकारी ने आकस्मिक निरीक्षण के दौरान अवैध रूप से रखे धान को जब्त करने के निर्देश दिए साथ ही महली बचेली और रणवीरपुर धान खरीदी केन्द्रों के नोडल अधिकारियों को भी निलंबित कर दिया गया वहीं इसी जिले में आज अधिकारियों ने पुटपुटा कुकदूर गांव के एक गोदाम में छापा मारा एक किसान के इस गोदाम में करीब ढाई हजार बोरी धान अवैध तरीके से भंडार करके रखा गया था इसकी कीमत लगभग बत्तीस लाख रूपये बताई जाती है इधर कोंडागांव जिले के चवालीस उपार्जन केन्द्रों में डाटा एंट्री ऑपरेटरों का तबादला दूसरी जगह करने के कारण यहां धान खरीदी कार्य प्रभावित हो रहा है इन कर्मचारियों को वापस बुलाने की मांग को लेकर कुछ डाटा एंट्री ऑपरेटरों ने खरीदी केन्द्रों के बाहर प्रदर्शन किया उधर दुर्ग जिले के प्रभारी सचिव सुब्रत साहू ने आज रिसामा निकुम और उतई धान खरीदी केन्द्रों का निरीक्षण किया इस मौके पर उन्होंने समिति प्रबंधकों और किसानों से व्यवस्था की जानकारी ली नागरिकता संशोधन कानून रैली नागरिकता संशोधन कानून लागू किए जाने के समर्थन में आज कोरिया जिले के बैकुंठपुर में एक रैली निकाली गई और सभा का आयोजन किया गया इसमें सभी धर्म जाति और सम्प्रदाय के लोग बड़ी संख्या में शामिल हुए बैकुंठपुर के मिनी स्टेडियम से यह रैली घड़ी चौक पहुंची यहां आयोजित सभा में लोगों ने नागरिकता संशोधन कानून का समर्थन करते हुए कहा कि यह कानून देश हित में है सभा के जरिये नागरिकता संशोधन अधिनियम के प्रति लोगों में फैली भ्रांतियों को भी दूर करने का प्रयास किया गया मौसम और अब पेश है मौसम का हाल प्रदेश में उत्तरी हवाओं के असर से तापमान में गिरावट दर्ज की गई है राजधानी रायपुर सहित प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में आज भी बादल छाए रहे और कुछ स्थानों पर हल्की ब्रंदाबांदी हुई मौसम विभाग ने प्रदेश के सभी संभागों में अगले चौबीस घंटों के दौरान एक दो स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना व्यक्त की है रायपुर स्थित मौसम विज्ञान केन्द्र के मौसम विज्ञानी एसके अवस्थी ने बताया कि अंबिकापुर में सबसे कम तापमान सात दशमलव तीन डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया

किसानों ने आरोप लगाया है कि राईस मिल संचालक ने मण्डी के अधिकारियों से मिलकर उनके सौदा पत्र में फर्जी हस्ताक्षर करवाए इस मामले में कई गांवों के किसानों ने पहले भी मुख्यमंत्री और कृषि मंत्री से शिकायत की थी

केंद्र सरकार के कार्मिक मंत्रालय द्वारा जारी सुशासन सूचकांक में छत्तीसगढ़ को देश में चौथा स्थान मिला है धमतरी जिले के नगरी क्षेत्र के बारह गांवों के किसान अब सियारीनाला धान खरीदी केन्द्र में अपना धान बेच सकेंगे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस संबंध में कलेक्टर को निर्देश दे दिए हैं कोरबा जिले के कटघोरा वनमंडल में कुल्हरिया गांव के पास दलदल में फंसे हाथी की आज दोपहर मौत हो गई यह हाथी पिछले चालीस घंटों से दलदल में फंसा हुआ था वन विभाग द्वारा उसे निकालने की काफी कोशिश की गई लेकिन यह प्रयास सफल नहीं हो पाया मुख्यमंत्री शहरी कार्यात्मक साक्षरता कार्यक्रम गढ़बो डिजिटल छत्तीसगढ़ के तहत ई साक्षरता केन्द्रों में ऑनलाइन बाहृय मूल्यांकन अट्ठाईस तीस और इकतीस दिसंबर को किया जाएगा राज्य स्तरीय विज्ञान पहेली प्रतियोगिता परीक्षा आगामी उनतीस दिसंबर को राजधानी रायपुर में आयोजित की जाएगी